प्रधानमंत्री ने राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में सौ रूपये का स्मारक सिक्का किया जारी दुमका विधानसभा उपचुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया भाजपा प्रत्याषी कल दुमका और चौदह अक्टूबर को बेरमो में पर्चा भरेंगे नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सबजोनल कमांडर बॉयदा पाहन ने अपने तीन सहयोगियों के साथ पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण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

आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में मांग को बढाने के कुछ नये प्रस्तावों का ब्यौरा दिया इस मौके पर वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि नये प्रस्तावों का उद्देश्य एलटीसी वाउचर और फेस्टिवल एडवांस देकर मांग को बढाना है

भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक विजया राजे सिंधिया ग्वालियर की राजमाता के नाम से विख्यात थीं दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राजमाता सिंधिया का जीवन और उनके कार्य निर्धनों से जड़े हए थे और उनका जीवन जनसेवा में लगा था प्रधानमंत्री ने कहा कि राजमाता उन व्यक्तित्वों में से एक थीं जिन्होंने पिछली सदी में भारत को दिशा दी और भारतीय राजनीति के हर महत्वपूर्ण दौर को देखा राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर तिरासी हजार पांच सौ इकहतर हो गई है पिछले चौबीस घंटों में सात सौ छियासठ मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छटटी मिली है झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट नब्बे दशमलव तीन दो प्रतिशत हो गया है

इसमें आठ हजार एक सौ सरसठ सक्रिय केस है

झारखंड रिथित सूचना प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयां लगातार होर्डिंग पोस्टर बैनर और प्रचार रथ के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को इस जन आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं साथ ही साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की समस्त इकाइयां ट्विटर फेसबुक एवं सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से इस महत्वपूर्ण जन आंदोलन की जानकारी झारखंड वासियों तथा देशवासियों को पहुंचा रही हैं उच्चतम न्यायालय ने कोरोना संक्रमण के कारण राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट देने में असमर्थ रहे छात्रों को दोबारा मौका देने का केंद्र सरकार को आज निर्देश दिया

खंडपीठ का यह आदेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की हामी के बाद आया खंडपीठ में न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम भी शामिल थे कोविड महामारी से रोकथाम के लिए कई जानीमानी हस्तियों ने लोगों से सुरक्षात्मक उपाय अपनाने की अपील की है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संकमण में लोग अनावष्यक रूप से बाहर ना निकले और सरकार द्वारा जारी सभी दिषा निर्देषों का पालन करें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

नामांकन दाखिल के मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम मंत्री बादल और सत्यानंद भोक्ता भी दुमका पहंचे थे इधर रांची में भाजपा और आजसू पार्टी की ओर से संयुक्त संवाददाता सम्मेलन कर उपचुनाव को लेकर एकजुटता प्रदर्षित की गयी इस मौके पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दुमका में पार्टी की अधिकृत प्रत्याषी लुईस मरांडी तेरह अक्टूबर को नामांकन करेगी जबकि बेरमो में भाजपा प्रत्याषी योगेष्वर महतो चौदह अक्टूबर को पर्चा भरेंगे इस मौके पर आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेष महतो ने कहा कि उपचुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिछले दस महीने के कार्यकाल की विफलताओं को प्रमुख मुद्दा बनाया जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उपचुनाव में सत्तारूढ़ गठंबंधन को दोनों सीटों पर जीत मिर्लगी श्री सोरेन ने आज दुमका में महागठबंधन प्रत्याषी बसंत सोरेन के नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि संगठन की बदौलत उपचुनाव में पार्टी को जीत मिलेगी

प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सबजोनल कमांडर बॉयदा पाहन ने अपने तीन सहयोगियों के साथ आज रांची में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया

राज्य सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों को पुलिस की ओर से एक एक लाख रुपये का चेक भी सौंपा और नीति के तहत अन्य सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया गया रोजगार की तलाश में जूटे लोगों के लिए अच्छी खबर है रांचीवासियों को जिला और देश के विभिन्न हिस्सों में रोजगार मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन ने पहल करते हुए अपना टाइम टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू साइन किया है रांची के उपायुक्त छवि रंजन के समक्ष इंप्लॉयमेंट ऑफिसर मन्नू कुमार ने जिला प्रशासन की ओर से जबकि प्रणय मेहरोत्रा ने कंपनी की ओर से एमओयू पर साइन किया आओ काम की बात करें इस टैग लाइन के साथ अपना टाइम टेक प्राइवेट लिमिटेड जिला प्रशासन के सहयोग से आनेवाले दिनों में लोगों को रोजगार मुहैया करायेगी

वन कर्मियों के नियमित पेट्रोलिंग एवं हाथियों की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों को जागरूक करने आज सुबह पहुंचे वन कर्मियों की नजर खेतों में बिछाए गए बिजली के तारों पर पड़ी उसके बाद वन कर्मियों ने उन सभी तारों को समेट कर हटा लिया संक्षिप्त खबरें हजारीबाग जिले में जी टी रोड पर बरकट्टा थाना क्षेत्र के सूरजकुंड पेट्रोल पंप के समीप कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर में मां बेटे की मौत हो गई इस घटना में तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए सभी घायलों को इलाज के लिए हज़ारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है

रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र निवासी एक सेवानिवृत्त सब जज के घर पिछले दिनों हुई चोरी मामले का उदभेदन करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के कस्बा गांव के क्ख्यात अपराधी दिवाकर मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किसपोट्टा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के विरूद्व हत्या डकैती और आर्म्स एक्ट के चौदह मामले दर्ज है